स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के अनुसार दस जिलों में मोबाइल मैडिकल सेवा जल्द होगी शुरू नाईजीरिया में बंधक कांगड़ा के तीन युवकों की रिहाई के लिए भारत सरकार गंभीरता से प्रयासरत

मुख्यमन्त्री उन विधायकों के नाम सदन में बताएं

इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित कई कांग्रेस विधायक खड़े हो गए और चर्चा की मांग करने लगे शोर शराबे के बीच मुख्यमन्त्री जय राम ठाक़र ने स्पष्ट किया कि उन्होंने विधायकों को लेकर कोई गलत व्यान नहीं दिया है और न ही ऐसी बात की है जिसका उल्लेख कांग्रेस विधायक कर रहे हैं इसी हंगामे के बीच कांग्रेस के वीरमद्र सिंह आशा कुमारी व राम लाल ठाकुर सदन से बाहर चले गए कुछ देर बाद सभी कांग्रेसी विधायक सदन से चले गए

कांग्रेस विधायकों के बाहर जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सभी सदस्यों का पूरी तरह सम्मान करते हैं और अध्यक्ष भी कांग्रेस को बोलने का पूरा अवसर दे रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी सच्चाई है कि बजट का विरोध करना विपक्ष की मजबूरी है और महज खबर बनाने के लिए ही कांग्रेस ने वॉकआउट का सहारा लिया है

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस के वॉकआउट को गैरजिम्मेदाराना बताया और कहा कि कांग्रेस की गंभीरता इसी से स्पष्ट होती है कि आज लगे बीस प्रश्नों में से केवल चार प्रश्न ही विपक्ष की तरफ से आए हैं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ऊना में राष्ट्रीय झंडा लगाने संबंधी कार्यक्रम पूरी तरह गैर सरकारी था ऐसे में कांग्रेस विधायक द्वारा आरोप लगाना केवल उनकी झुंझलाहट है

कांग्रेस पार्टी में तालमेल न होने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को लेकर ब्यान दिया है और पार्टी में क्या चल रहा है इसे कांग्रेस को खुद ही समझना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलाल ठाकुर अब मुकेश अग्निहोत्री की जगह आना चाह रहे है मगर ये सब कांग्रेस के आंतरिक मामले हैं

कांग्रेस के आरोपों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री का परिवार बारी बारी आता और मूमि पूजन और शिलान्यास करता जयराम ठाकुर ने कहा भले ही पूर्व कांग्रेस सरकार ने विघायक संस्था की धज्जियां उड़ाई मगर अब वे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा जताएगी

जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि किसी जनसभा में क्या बोलना या कितना बोलना है उस पर विपक्ष का नियंत्रण रहे ऐसा संभव नहीं है

कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री और विघानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के बीच भी तीखी नोंक झोंक देखने को मिली मुकेश का आरोप था कि उनके बोलने पर माइक ऑन नहीं किया जाता जबकि राजीव बिंदल उन्हें आसन की बात सुनने के लिए बैठने का अनुरोध करते रहे कांग्रेस के जाने के बाद राजीव बिंदल ने मी आसन की तरफ टिप्पणियां करने को अनुचित बताया

अग्निहोत्री बाद में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर विरोध करते हैं उन्होंने कहा कि जीते हुए विधायकों का अपमान कतई सहन नहीं किया जाएगा कटौती प्रस्ताव प्रदेश के दस जिलों में जल्दी ही मोबाइल मैडिकल सेवा शुरू की जाएगी जिसमें डॉक्टर फार्मासिस्ट और हेल्पर तैनात रहेंगे इनके जरिए मरीजों को मुफ्त टेस्ट व दवाईयों की सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने विघानसभा में विपक्ष के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संबंधी कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि अगले तीन साल में डॉक्टरों की कमी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा विपक्ष का यह कटौती प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया इससे पहले कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बिलासपुर में एम्स खोलने का बजट भाशण में उल्लेख है लेकिन ये कैसे बनेगा और चलेगा इस पर कोई जानकारी नहीं है उन्होंने बिलासपुर में एम्स ऊना में पीजीआई के केंद्र और हमीरपुर मेडिकल कालेज का काम आरभ न होने का मामला भी उठाया कांग्रेस के अनिरूद्व सिंह ने आईजीएमसी में बिस्तरों की कमी और कसुमपटी विघानसभा क्षेत्र में पीएचसी बंद होने व इनके निर्माण में देरी का मामला उठाया

उनका कहना रहा कि सीमांत क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य संस्थानों में अधिकतर डाक्टर बाहरी राज्यों के हैं जो अपने क्षेत्रों में निजी प्रेक्टिस करते हैं उन्होंने मांग की कि इन डाक्टरों को राज्य के भीतरी क्षेत्रों में तैनात किया जाए कांग्रेस के राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में सिविल अस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए क्योंकि ये शहर कांगड़ा मण्डी और हमीरपुर जिलों का केन्द्र है

हालांकि इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है और चर्चा भी की जाएगी प्रश्नकाल में भाजपा के रमेश धवाला के सवाल पर जयराम ठाकर ने ये जानकारी दी और कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं मगर मौजूदा वित्तीय स्थिति व अन्य कारणों से इसे फिर बहाल करना कठिन होगा प्ररानी पेंशन योजना को लेकर रमेश धवाला द्वारा कमेटी के गठन संबंधी सुझाव पर मुख्यमन्त्री ने विचार की बात कही सीपीएम के राकेश सिंघा ने भी पुरानी पैंशन बहाली की पैरवी करते हुए कहा कि जब विधायकों के लिए पैंशन का प्रावधान है तो पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में लगाने वाले कर्मचारियों के लिए भी पैंशन होनी चाहिए भाजपा के परमजीत सिंह के मूल और कांग्रेस के आशीष बुटेल के पूरक सवाल पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि ज़रूरत के मुताबिक और हर विधानसभा क्षेत्र में एक बीडीओ कार्यालय खोलने का मामला सरकार के विचारघीन है

चारों युवकों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के बंधक बनाए तीन युवकों की रिहाई के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है और विदेश मंत्री से उनकी बातचीत हुई है कांग्रेस की आशा कुमारी ने इस मुद्दे पर सरकार को गंभीरता से प्रयास करने की सलाह दी बाद में इस मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि तीनों को सुरक्षित रिहा करवा लिया जाएगा

एक बयान में उन्होंने कहा कि सी ए एम ए पी ए फंड का पैसा समय पर जमा न होने से इसमें विलम्ब हुआ है मगर अब इसकी अंतिम वन स्वीकृति दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं औद्योगिक पैकेज केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री सी आर चौधरी ने बताया है कि हिमाचल में विशेष औद्योगिक पैकेज वाली किसी भी औद्योगिक इकाई को बंद नहीं किया गया है लोकसभा में सांसद वीरेंद्र कश्यप के एक सवाल पर आज उन्होंने ये जानकारी दी

प्रदर्शनी भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत डीएवीपी इकाई ने शिमला के गेयटी थियेटर में चित्र प्रदर्शनी लगाई है नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने आज इसका शुभारम्म किया इसमें चित्रों के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी जा रही है इस अवसर पर कुसुम सदरेट ने कहा कि विभाग का ये प्रयास सराहनीय है और योजनाओं की जानकारी मिलने से आम लोग लाभान्वित होंगे पहले दिन आज कई लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया